संविधान दिवस देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है

संविधान दिवस के अवसर पर आज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस बैठक को सम्बोधित करेंगे इस बैठक में उपराष्टपति वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला शामिल होंगे संयुक्त बैठक के मद्देनजर लोकसभा और राज्यसभा का सत्र दो बजे से शुरु होगा

इसका उद्देश्य संविधान में वर्णित मूल्यों और सिद्वांतों के प्रति लोगों को जागरुक करना है और सभी भारतीयों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सही भूमिका के प्रति प्रेरित करना है संविधान दिवस प्रदेश संविधान दिवस पर नागरिकों को उनके मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए आज प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे भोपाल स्थित राजभवन में संविधान दिवस पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है

इसी के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मौलिक कर्त्तव्यों पर आधारित व्याख्यान आयोजित किया गया है जिसमें विधि विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे उधर खंडवा देवास उमरिया भिंड मुरैना रायसेन पन्ना डिण्डोरी नीमच सतना गुना शिवपुरी सागर और श्योपुर सहित विभिन्न जिलों में संविधान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं महाराष्ट्र सरकार उच्चतम न्यायालय आज महाराष्ट्र विधानसभा में तुरंत बहुमत परीक्षण कराने की शिव सेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त याचिका पर फैसला सुनाएगा भाजपा नेता देवेन्द्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई करते हुए न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा था

इस बीच राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं

कल दिन में तीनों दलों के वरिष्ठ नेताओँ के शिष्टमंडल ने राजभवन को पत्र सौंपा जिसमें कहा गया था कि बहमत परीक्षण में देवेन्द्र फडणवीस सरकार के विफल होने के बाद उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाए इस बीच देवेन्द्र फडणवीस ने कल राज्य के मुख्यमंत्री का प्रभार संभाल लिया

मुम्बई के पुलिस कमिश्नर संजय बर्वे ने कहा है कि मुम्बई पुलिस अब ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है उन्होंने कहा कि पुलिस बल और त्वरित कार्रवाई दलों को शहरी आतंकवाद से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में शहर को ऐसी घटनाओं का सामना नहीं करना पड़े

श्री सिसोदिया ने कल भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय मध्यप्रदेश बाल श्रम उन्मूलन कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए यह बात कही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन क्रीतियों को समाप्त करने के लिये कार्य योजना बनाएं जिसमें प्रत्येक जिले के लिये निर्धारित लक्ष्य की समय सीमा में पूर्ति की सुनिश्चित व्यवस्था की जाए

जल संरक्षण इंदौर षहर में स्वच्छता के साथ साथ जल संरक्षण पर भी कार्य किया जा रहा है इंदौर नगर निगम ने षहर के अपषिष्ट जल को भी षहर के बगीचों की हरियाली बढ़ाने में उपयोग करने का निर्णय लिया है

अब तक यहां के पानी का उपयोग निर्माण कार्य और सड़क के किनारे लगी हरियाली के लिए किया जाता था गौरतलब है कि इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में जल संरक्षण की गतिविधियों को भी जोड़ा गया है जिसके तहत इस बात का भी सर्वेक्षण होगा कि षहर में अपषिष्ट जल को उपचारित कर कितना उपयोग में लाया जा रहा है विकास कार्य समीक्षा नगरीय विकास और आवास मंत्री जयवर्द्वन सिंह ने कल गुना जिले के आरोन विकासखण्ड में विकास कार्यों और हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा की

श्री सिंह ने कहा कि सभी स्वीकृत निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा करें उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी श्री सिंह ने कहा कि निर्धारित समय पर किसानों को खेती के लिये निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए उन्होंने स्वीकृत गौ शालाओं का निर्माण जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए

आयोजन में सफाई को लेकर नगर निगम अमले ने मिसाल पेश करते हुए महज पांच घंटे के भीतर आयोजन स्थल और मुख्य मार्ग को पूरी तरह साफ कर दिया

खास बात यह है कि पहली बार क्लीन ग्रीन और जीरो वेस्ट प्रबंधन को लेकर इज्तिमा का नाम रिकार्ड बुक दर्ज किया जा सकता है प्याज उपभोक्ता मामलों के सचिव अविनाश के श्रीवास्तव ने प्याज की मांग के बारे में कल राज्य सरकारों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की मंत्रालय ने इससे पहले एक बयान में बताया कि एमएमटीसी ने देश में प्याज की आपूर्ति बढ़ाने और इसके मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिए मिस्र से छः हजार टन से अधिक प्या्ज मंगाने का आर्डर किया है यह प्याज अगले सप्ताह मुम्बई पहुंच जायेगी आयातित प्याज की सप्लाई अगले महीने से शुरू हो जायेगी